के भाहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार किसानों के सर्वोच्च हितों को प्राथमिकता देती है राज्य में आज मौसम साफ रहने के बावजूद ठन्ड बढ़ गयी है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

आयुष्मान भारत कार्यक्रम केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम ने देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है क्योंकि इसमें बीमारियों से बचाव पर अधिक ध्यान दिया गया है कल पूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत सरकार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के लिए सस्ती और स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रही है

आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदू भूषण ने कहा कि कोविड मरीजों को भी इस योजना का लाभ मिला है पीयुश गोयल आन कशि कानुन केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नये कृषि कानूनों से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी भारतीय उद्योग और वाणिज्य परिसंघ फिक्की के वार्षिक कार्यक्रम में कल उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों के लिए वाणिज्य और कारोबार के नये अवसर खुलेगे और पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव भी नहीं होगा कृशि कानून शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और केन्द्र सरकार द्वारा पारित तीनो विधेयक किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त करेगें यह बात श्री कौशिक ने आज देहरादून में पत्रकारों को सम्बोधित करने के दौरान कही उन्होंने बताया कि अन्नदाताओ पर अपनी फसल बेचने को लेकर वर्षो से लगी बंदिशों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी दिलायी है इन विधेयकों की मदद से किसान ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में आत्मनिर्भर और सशक्त होगें

इसी के तहत चम्पावत जिले में भी मतदान केंद्रों में नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ ही नाम विधानसभा संशोधन आदि कार्य किये जा रहे है

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन की रक्षा करने वाले शहीदों को श्रद्दांजलि अर्पित की

उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की वीरता और बलिदान का हम सदा याद रखेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा राष्ट्र उन शहीदों का ऋणी रहेगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उन सुरक्षाकर्मियों और संसद के अधिकारियों को याद किया जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी उन्होंने कहा कि उनकी कर्तव्य निष्ठा और वीरता हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमारे संकल्प को दृढ़ करेगी मौसम प्रदेश में आज आमतौर पर मौसम साफ रहा और चटख धूप खिली पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह से ही तेज हवाओं के चलने और कहीं कहीं आकाश में बादल छाये रहने से ठंडक महसूस की गयी मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के हरिद्वार नैनीताल पौड़ी ऊधमसिंह नगर जिलों के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा पड़ने तथा पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना है बीस सूत्रीय कार्यक्रम राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शेर सिह गडिया ने कहा है कि प्रदेश में बीस सूत्रीय के अन्तर्गत अनेक ऐसी योजनायें किर्यान्वित है जिनकी मदद से हम गरीबों को विकास की धारा मे जोडते हुये उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास कर सकते है यह बात आज उन्होंने आज नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कहीं

प्रदेश के सभी जिलों में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की योजनाओं को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मदद से धरातल पर उतारा जा रहा है और वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की जा रही है उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक ब्लाक में बीस सूत्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण समितियां बनाई जा रही है जिसकी मदद से जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जा सकेगा श्री गडिया के कहा कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत प्रदेश में टीकाकरण लघु सिचाई मनरेगा अनुसूचित जनजाति विकास पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत गांवो को सड़क से जोडने की योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी महिलाओ को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने तथा स्वरोजगार से जोडने के लिए स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाएगी दुर्घटना आज सुबह उत्तरकाशी जिले के पुरोला थाना क्षेत्र के कंडारी गांव के पास एक यूटिलिटी वाहन गहरी खाई में गिर गया

समी घायलों को तत्काल नजदीकी सीएचसी डमटा में भर्ती कराने के साथ ही प्राथमिक उपचार दिया गया है

इस दौरान शहर में आवश्यक वस्तुओं की दुकाने खुली रहीं परेड ग्राउंड स्मार्ट सिटी के तहत परेड ग्राउंड के सुद्रढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है स्मार्ट सिटी के सीईओ और जिलाधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि परेड ग्राउंड में सौंदरीकरण का कार्य अगले मानसून तक प्रा हो पाएगा

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत परेड ग्राउंड को बेहतर और सुंदर बनाने के साथ ही गांधी पार्क से जोड़ा जाएगा पक्षी संग्रहालय रुद्रप्रयाग जिले में पर्यटन विभाग की ओर से पक्षी संग्रहालय बनाया गया है इस म्यूजियम में पक्षी प्रेमियों और आम लोगों को विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की जानकारी मिलेगी

योजना के तहत केदारनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों और जिले में प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों को योग ध्यान क्रियाएं कराने के लिए मेडीटेशन हॉल बनाया गया है अब इस मेडिटेशन हॉल में पर्यटन विभाग ने पक्षी संग्रहालय भी तैयार किया है

जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल का कहना है कि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाने का प्रयास किया जाएगा

इससे पूर्व भी इस स्थान के निकट खुदाई के दौरान ऐसे ही मूर्तियां निकली थी बताते चले कि पायसारी के निकट रामनगर चौक में पानी के धारे का सौंदर्यकरण करने के दौरान जब ग्रामीणों ने खुदाई कार्य शुरु किया तो उन्हें कई प्रकार की मूर्तियां दिखाई दी मंदिर के स्तंभ आकार के तराशे हुए पत्थर और मूर्तियां देखने के लिए ग्रामीण एकत्र हुए ग्रामीणों ने बताया कि दो दशक पहले भी शेषनाग के आकार वाली मूर्ति और शिवलिंग भी खुदाई के दौरान मिले थे अब ग्रामीण खुदाई के दौरान लगातार मिल रहे पौराणिक आकृति वाले पत्थरों को सहेजने की मांग कर रहे है